लोकसभा चुनाव का पहला चरण सम्पन्न होने के बाद शेष चरणों के लिये प्रचार अभियान में तेजो आ रही है प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अगले चरण के चुनाव प्रचार में जुट गये हैं इसी क्रम में आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अमरोहा के धनौरा में भाजपा प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया इस दौरान श्री मौर्य ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के तहत आम नागरिकों के लिये विभिन्न जन कल्याणकारी काम किये हैं जिससे हर वर्ग का जीवन स्तर बढ़ा है उन्होंने कहा कि पिछले पचपन सालों में पूर्ववर्ती सरकारों ने वह काम नहीं किये जो मौजूदा सरकार ने करके दिखाया है

उन्होंने आरोप लगाया कि गठबंधन के नेता जहां जाति और धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं वहीं भाजपा विकास के नाम पर जनादेश चाहती है उधर पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन के उम्मीदवार और प्रदेश के पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा के समर्थन में आयोजित चूनावी जनसभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान के दौरान गठबंधन के पक्ष में जिस तरह का उत्साह मतदाताओं में देखा गया है उससे सत्तारूढ़ भाजपा के नेता निराश है श्री यादव ने कहा कि एनडीए सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में पूरी तरह विफल रही है कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगरा में पार्टी प्रत्याशी प्रीता हरित के समर्थन में रोड शो कर मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने का आहवान किया बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि देश में बदलाव का माहौल है और इसका शंखनाद आगरा से होना चाहिये उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजबब्बर ने कांग्रेस के राष्ट्रीय घोषणा पत्र के साथ साथ आगरा और फतेहपुर सीकरी निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिये स्थानीय घोषणा पत्र का अनावरण किया लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन था

चौथे चरण में जिन सीटों के लिये चुनाव होगा उनमें शाहजहांपुर सुरक्षित खीरी हरदोई सुरक्षित मिश्रिख सुरक्षित उन्नाव फर्रूखाबाद इटावा सुरक्षित कन्नौज कानपुर अकबरपुर जालौन सुरक्षित झांसी और हमीरपुर शामिल हैं खीरी निर्वाचन क्षेत्र में पन्द्रह प्रत्याशी मैदान में है

इसके अलावा चौथे चरण में खीरी जिले के निघासन विधानसभा सीट का उप चुनाव भी होगा जिसके लिये उन्तीस अप्रैल को ही वोट डाले जायेंगे यह सीट भाजपा विधायक राम कुमार वर्मा के निधन के बाद खाली हुई है प्रदेश भर में आदर्श चुनाव आचार संहिता के अनुपालन में प्रचार सामग्रियों को हटाने के लिये चलाये जा रहे अभियान के तहत अब तक इकतालीस लाख से ज्यादा वॉल राइटिंग पोस्टर्स और बैनर्स सार्वजनिक व निजी स्थानों से हटाये जा चुके हैं इसके अलावा आयकर आबकारी और पुलिस विभागों ने लगभग एक सौ साठ करोड़ रूपये मुल्य की जब्ती की है प्रदश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने लखनऊ में इस बारे में बताया कि पुलिस और आयकर विभाग ने लगभग पैंतीस करोड़ रूपये की नकदी और आबकारी तथा प्रलिस ने अट्ठारह करोड़ रूपये से ज़्यादा कीमत का गांजा स्मैक और चरस जब्त की है अभियान के दौरान लगभग उन्हत्तर करोड़ रूपये मूल्य की बहुमूल्य धातुए भी ज़ब्त की गई हैं आबकारी विभाग ने उन्तालीस करोड़ रूपये से ज्यादा कीमत की शराब जब्त की है श्री लू ने बताया कि कानून व्यवस्था के तहत अब तक आठ सौ पच्चासी लोगों क शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिये गये हैं जबकि आठ लाख से अधिक लाइसेंसी असलहा जमा करा लिये गये हैं उन्होंने बताया कि निरोधात्मक कार्रवाई के तहत बीस लाख से अधिक लोगों को पाबंद किया गया है जबकि चौबीस हजार से ज्यादा लोगों पर गर जमानती वारंट तामील कराये गये हैं

प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश यह याचिका फिल्म के निर्माताओं की ओर से दायर की गइ है निर्वाचन आयोग ने यह फिल्म चुनावों के दौरान दिखाए जाने पर बुधवार को यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि ऐसी कोई फिल्म इलेक्ट्रानिक मीडिया पर नहीं दिखाई जानी चाहिए जिससे किसी राजनीतिक दल या उससे जुडे व्यक्ति को लाभ पहुंच सके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

उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि बैंकों के बकाया कज बढ़ना चिंता का विषय है क्योंकि इससे उनकी ऋण देने की क्षमता कम हो जाती है

उन्होंने कहा कि बैंकों को अपने फंडों पर निगाह रखने की आंतरिक प्रक्रिया मजबूत बनानी चाहिए और ऋण देने में नियमों और शर्तों का कड़ाइ से पालन करना चाहिए श्री नायडू ने कहा कि वित्तीय समावेशन परिवर्तन का मूल आधार है और बैंकों को सेवाओं में सुधार लाने और जानकारियां लीक होने से रोकने की दिशा में और बेहतर उपाय करने चाहिये श्री नायडू न कहा कि भारत के वित्तीय संस्थानों के लचीलेपन और मंदी को झेलने की क्षमता की विश्वभर में सराहना की जाती है श्री नायडू न कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में उपयुक्त सुधार व्यवस्था इस समय समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए निहायत जरूरी है प्रदेश में अलग अलग दुर्घटनाओं में तीन महिलाओं सहित पांच लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गये बलरामपुर ज़िले में बौध परिपथ पर भैंसहवा डीह में यात्रियों से भरी ट्रैक्टर ट्राली के बेकाबू होकर पलट जाने से तीन महिलाओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और छह लोग घायल हो गये वहीं मैनपूरी में कुरावली मार्ग पर एक तेज़ रफ़्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई उच्चतम न्यायालय ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे चुनावी बाँड प्राप्त करने की रसीद और चंदा देने वालों की पहचान के बारे में निर्वाचन आयोग को सीलबंद लिफाफे में जानकारी दे

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश दीपक गुप्ता तथा संजीव खन्ना की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर यह आदेश दिया

क्षेत्रीय समाचार एकांश लखनऊ आज लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिये हुए मतदान पर एक विशेष परिचर्चा का प्रसारण करेगा इसे रात आठ बजकर पन्द्रह मिनट से आकाशवाणी लखनऊ के प्राइमरी चैनल पर सुना जा सकता है भारतीय जनता पार्टी सांसद मीनाक्षी लेखी ने राफ़ेल मामले पर उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले पर टिप्पणी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई के लिये याचिका दायर की ह

सुश्री लेखी ने अपनी याचिका में कहा ह कि राहुल गांधी ने शीर्ष न्यायालय की व्यवस्थाओं पर निजी टिप्पणी करके भ्रम पैदा करने की कोशिश की है कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट पर किए गए हवाई हमले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि ऐसा करना सशस्त्र बलों का अपमान है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रडडी ने कहा है कि मिशन शक्ति स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी को दर्शाने वाला अनुकरणीय प्रयास है